बीकानेर के श्रीडूंगरगढ में सड़क हादसे में छह लोगों की मौत

कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों का लेकर अपने प्रत्याशियों की सूची आज दोपहर में जारी होने की संभावना है इससे पहले उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गईं वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पूर्व मुख्यमंत्री अषोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन कुमारी शैलजा समेत अन्य नेता पैनल को लेकर विस्तार से चर्चा की श्री गहलोत ने बताया कि कांग्रेस की सूची में महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जायेगी उधर भाजपा की पहली सूची आने के बाद विरोध के स्वर और तेज हो गये हैं

दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आज दिल्ली में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर के आवास पर दूसरी सूची को लेकर मंथन किया

केन्द्रीय चुनाव आयोग की ओर से जयपुर जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के लिये नियुक्त किये गये व्यय पर्यवेक्षक अनिल कुमार धीर ने चुनाव अधिकारियों की जयपुर में बैठक ली इस दौरान उन्हेांने कहा कि चुनाव से जूडे अधिकारी प्रत्याशियों के व्यय का सही आंकलन करें श्री धीर ने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन सभा और कार्यक्रमों के दौरान वीडियो सर्विलांस के जरिये वीडियोग्राफी करवायी जाये जिससे प्रत्याशियों के खर्चे का सही रूप से आंकलन कर उनके खाते में जोडा जा सके झालावाड जिले में भी नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक ने चुनाव मे लगे नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चुनाव खर्चे की प्रभावी मोनिटरिंग की जाये झालावाड में निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया सीकर में मतदाता जागरूकता के लिए खाटूश्यामजी में रंगोली बनाई गई सवाईमाधोपुर जिले के वजीरपुर इलाके में पुलिस ने कल दो लोगों को गिरफ्तार किया

उधर पुलिस ने गंभीरा गांव के पास अवैध शराब बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया

मलारना डूंगर में पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध रूप से बजरी खनन कर ले जा रहे चार ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त की है

इस डोडापोस्त की कीमत बीस लाख रूपये आंकी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर आज सुबह सिंगापुर पहुंचे सिंगापुर में प्रधानमंत्री पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन आसियान भारत अनौपचारिक बैठक और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन में भाग लेने गये है श्री मोदी ने आज फिन्टेक उत्सव को संबोधित किया श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सिंगापुर वैश्विक केंद्र है उन्होंने कहा कि फिन्टेक उत्सव लोगों के विश्वास से जुडा है और हमें दुनिया को बेहतर बनाने का विश्वास है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तकनीक में बड़े बदलाव का दौर है श्री मोदी ने अन्य देशों से फिन्टेक उत्सव को बड़ा आयाम देने का आग्रह किया

वित्त मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है इस सिक्के में सेल्यूलर जेल की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र होगा बीकानेर के श्रीड्ंगरगढ में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में एक बच्चे और दो महिलाओं सहित छह लोगों की मौत हो गई हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में चार लोग घायल भी हुए है जिन्हें इलाज के लिये पीबीएम ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है

इस अवसर पर विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है बाल मेले लगाये जा रहे है जयपूर पुलिस आयुक्तालय की ओर से सेंट्रल पार्क में बच्चों के लिये चित्रकला और कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है बांसवाडा में बाल दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हो रहे है इसके तहत स्काउट गाईड का एक दल दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने गया है सवाईमाधोपुर में बाल दिवस पर विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का निःशुल्क भ्रमण करवाया गया भरतपुर में केन्द्रीय विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये चाचा नेहरू के जीवनकाल पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई

यह उपग्रह दस वर्ष से अधिक समय तक काम करेगा पांचवीं पीढ़ी का प्रक्षेपण यान जीएसएलवी मार्क थ्री महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके सफल प्रक्षेपण के साथ ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी चार टन तक के भारी प्रक्षेपणों के लिए तैयार हो जाएगी